भारत के वित्त मंत्री और चीन के उप प्रधानमंत्री के बीच इस नए तंत्र को विकसित करने के बारे में बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच आज दोपहर समाप्त हुए अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की दिशा में एक नई उच्च स्तरीय प्रणाली स्थापित करने पर सहमत हैं दोनों नेताओं ने निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का भी निश्चय किया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा में फुट वियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छिन्दवाड़ा के हार्टिकल्वर कॉलेज को आधुनिकतम रूप दिया जाएगा उन्नत नवीनतम कृषि और उद्यानिकी फसलों के उत्पादन का विस्तार हो इसकी शिक्षा इस संस्थान में दी जाएगी

वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों उनके आचरण और सिद्धांतों से हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी को जोड़ने की जरूरत है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने कई दशकों पहले समतामुलक समाज की स्थापना की बात कही थी उन्होंने देश की आजादी और बदलाव के लिये कई आंदोलन किये उनके विचार आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

जबलपुर ट्रिज्म प्रमोशन काउंसिल और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय महोत्सव के दौरान नर्मदा तट पर सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा पंजाब का भांगड़ा ओडिशा के कत्थक और राजस्थान के चकरी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी वहीं मुंबई की पार्श्व गायिका सुजाता त्रिवेदी और गायक अभिजीत भट्टाचार्य गीतों की प्रस्तुति देंगे कांग्रेस महासचिव सिंधिया कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रिकेट प्रेमियों के लिये प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिये आज मुरैना जिले के करुआ गांव में चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित नव निर्मित स्टेडियम के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा उन्होंने कहा कि पंचायत और वार्ड स्तर पर किकेट मैच होना चाहिये ताकि यहां के खेल प्रेमियों को भी ग्वालियर के रूपसिंह स्टेडियम में खेलने का मौका मिले उन्होंने कहा कि प्रशासन को भी खेलों में सहयोग करना चाहिये

खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध गायक अभिनेता और निर्देशक स्व किशोर कुमार की स्मृति में आयोजित इस अलंकरण समारोह में गायक रवीन्द्र शिंदे साथी कलाकारों के साथ किशोर कुमार के यादगार गीतों की प्रस्तुति देंगे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

इस बार अच्छी खबर में आप कल सुबह प्रादेशिक समाचारों में जानेंगें आगरमालवा जिले में बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये शुरू किये गये अनूठे बेटी की पेटी अभियान के बारे में

मेरा मानना है कि जनता अपने नेता पर भरोसा करती है

महिला मुक्केबाजी रूस के उलान उदे में चल रही विश्व महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में भारत की मंजू रानी फाइनल में पहुंच गई हैं